जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जिलों को रैंड ऑरेन्ज और ग्रीन जोन में बांटा गया है और उन्हीं के अनुसार लोगों को आज से रियायतें मिलेंगी सभी जोन में पहले की तरह हवाई रेल बस सेवा और अंतराज्यीय आवागमन बंद रहेगा स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे किसी तरह के धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे

बाजार परिसर और कंटेन्मेंट जोन के बाहर स्थित मदिरा और पान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी वहीं रेड ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर फैक्ट्री और सरकारी कार्यालय खुल गये है

अब लोगों को किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें केवल अपना मान्य पहचान पत्र साथ रखना होगा अस्पतालों में सामान्य ओपीडी और डॉक्टरों के क्लीनिक भी अब खोले जा सकेंगे कृषि से जूड़े सभी कार्यों की अनुमति जारी रहेगी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों जिनमें मनरेगा कार्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईट मट्टे शामिल है सुचारु रूप से कार्य कर सकेंगे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर तीन हजार नौ हो गई है

दस हजार आठ सौ सतासी व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है

देश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या चालीस हजार दो सौ तिरसठ है इस महामारी से अभी तक एक हजार तीन सौ छह लोगों की मौत हुई है

इनमें राजस्थान के जयपुर और जोधपुर जिले शामिल है

जम्मू कश्मीर के हंदवाडा में आतंकी मुठभेड में शहीद हुए कर्नल आश्रतोष शर्मा की पार्थिव देह आज जयपुर लाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी र्न हंदवाडा में शहीद हुए बहादुर सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत को हर्मशा याद रखा जायेगा श्रोताओं से निवेदन है कि आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों को और बेहतर बनाने को लिए यदि उनके पास कोई सुझाव हैं तो वे हमारे वॉट्सएप नम्बर और ई मेल आईडी पर मेज सकते हैं